ये योजना अगले वर्ष अप्रैल तक पूरी की जाएगी जिससे शिमला में खास कर गर्मियों में पानी की समस्या का समाधान हो जाने की उम्मीद है

मुख्यमंत्री ने सुन्नी में खण्ड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय खोलने की भी घोषणा की उन्होंने ये भी कहा कि एसडीएम ग्रामीण सप्ताह में दो दिन सुन्नी में बैठेंगे शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज सांसद वीरेन्द्र कश्यप और स्थानीय विधायक विक्रमादित्य सिंह भी इस मौके पर मौजूद रहे

विपिन परमार आज शिमला में आयुष्मान भारत योजना के तहत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए हैल्प एण्ड वैलनेस सेंटर को क्रियान्वित करने के लिए आयोजित राज्यस्तरीय कार्यशाला में बोल रहे थे

उन्होंने कहा कि जो लोग इस योजना के तहत नहीं आएंगे उन्हें हिम केयर योजना के तहत कवर किया जाएगा

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने सोलन जिले में कसौली विधानसभा क्षेत्र की काबाकलां व नेरीकलां बस्तियों के लिए उठाउ जलापूर्ति योजना की आधारशिला रखने के बाद एक जनसभा में आज ये बात कही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ब्रिक्स द्वारा वित्त पोषित सौ मिलियन डॉलर की एक योजना लागू कर रही है

ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज ऊना में ये जानकारी देते हुए बताया कि इस सम्मेलन में प्रदेशभर से सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी भाग लेंगे उन्होंने कहा कि लाभार्थी सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लाभार्थियों से आमने सामने बातचीत करेंगे

वन व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कार्निवल को लेकर कुल्लू में आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस बार विंटर कार्निवल नए रंग में दिखेगा और इसमें कई नई गतिविधियां जोड़ी जाएगी इनमें स्कींग व स्नो बोर्डिंग की पांच स्पर्धाए शामिल हैं

गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा विंटर कार्निवल का शुभारम्भ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे विधानसभा प्रदेश विधानसभा ने अपनी विभिन्न समितियों में सभापति व सदस्यों में फेरबदल किया है लोक लेखा समिति में सुभाष ठाकुर को सदस्य नामांकित किया गया है वह राकेश पठानिया का स्थान लेंगे लोक उपक्रम समिति का सभापति राकेश पठानिया को बनाया गया है वह नरेंद्र बरागटा का स्थान लेंगे अधीनस्थ विधायन समिति के सभापति अब नरेंद्र ठाकुर होंगे वह कर्नल इंद्र सिंह का स्थान लेंगे इसी समिति में राजेंद्र राणा को नरेंद्र ठाक्र के स्थान पर सदस्य नामांकित किया गया है कर्नल इंद्र सिंह अब जन प्रशासन समिति के सभापति होंगे वह राकेश पठानिया का स्थान लेंगे ये जानकारी विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा ने दी अग्निकांड शिमला जिला के रोहड् उपमण्डल के सेरीबासा गांव में कल रात भीषण अग्निकांड में तीन मकान जलकर राख हो गए आग की चपेट में आए प्रभावितों ने भाग कर अपनी जान बचाई और मवेशियों को भी सुरक्षित निकालने में कामयाब रहे इसमें एक करोड़ की सम्पति जल कर नष्ट होने का अनुमान है आग पर काबू पाने के लिए तीन घंटे का समय लगा रोहडू के डीएसपी अनिल शर्मा ने बताया कि अग्निकांड प्रभावितों को फौरी राहत उपलब्ध करवा दी गई है नमस्कार